केंद्र और राज्यों में तथा केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रभावी प्रयासों के कारण ऐसा संभव हो पाया है मंत्रालय ने कहा है कि प्रभावी कंटेनमेंट कार्य नीति बड़ी संख्यार में नमूनों की जांच और मानक क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से मृत्युदर में कमी हुई है केन्द्र राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के दिशा निर्देशों के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से नमूनों की जांच की संख्या बढ़ायी गई हैं और अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं में विस्तार किया गया है

वहीं लगभग पन्द्रह हजार लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं

जो कि एक ही परिवार से हैं

सीबीडीटी आयकर आयकर विभाग करदाताओं की सुविधा के लिए कल से ऑनलाइन स्वैच्छिक आयकर भुगतान अभियान शुरू कर रहा है

बोर्ड ने कहा कि ई अभियान का उद्देश्य करदाताओं को ऑनलाइन अपने वित्तीय लेन देन की प्रष्टि की सुविधा देना और स्वैच्छिक कर अनुपालन के लिए प्रेरित करना है

इसके तहत आयकर विभाग करदाताओं को उनके वित्तीय लेन देन संबंधी सूचनाओं की पुष्टि के लिए ई मेल और एसएमएस भेजेगा

रविशंकर प्रसाद केन्द्रीय कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत डेटा की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा उन्होंने कहा कि नागरिकों से संबंधित डेटा पर समुदाय और देश का अधिकार होता है

उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार जल्द ही डेटा की सुरक्षा संबंधी कानून लाएगी और संसद की प्रवर समिति इस मामले पर विचार कर रही है एक वर्चअल सम्मेलन में कानून मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से कार्य संस्कृति में बदलाव आए हैं उन्होंने बताया कि भारतीय अदालतों में वर्चुअल सुनवाई शुरू हो गई है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

दिशा निर्देशों के अनुसार ये केन्द्र वरिष्ठ जन दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं और अन्य रोगों से ग्रस्त संकमितों के लिए नहीं होंगे उन्हें समुचित कोविड अस्पतालों में भर्ती कराना होगा

आरोपियो ने पहले सुरक्षा गार्ड को जगाया और फिर उसके सीने पर बंद्रक अड़ाकर उसे बाहर कर दिया बाद में डायनामाइट के जरिए एटीएम को तोड़ा और रूपये लूट कर फरार हो गये इस संबंध में पन्ना के एसपी मयंक अवस्थी ने बताया कि लुटेरों को गिरफ़्तार करने के लिये नाके बंदी कर दी गई है पुलिस मामले की जांच कर रही है

इससे आदिवासी छात्राओं को शिक्षा ग्रहण में सहुलियत होगी

नाराज परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया